प्रधानमंत्री ने कहा विद्यार्थियों का हित सरकार की मुख्य प्राथमिकता प्रदेश के अट्ठारह जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले हुआ शुरू मतदान शाम छ बजे तक चलेगा

सक्रिय मामले हुए एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ पैंतीस कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज दस करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है पिछले चार दिनों में टीका उत्सव का सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केन्द्र स्थापित किए गए उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में श्री मोदी ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से चर्चा में ये बात कही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दु ष्टिकोण के अनुरूप ही है कल भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की राष्ट्रीय बैठक तथा कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार में र्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनईटीएफ का भी प्राक्षान है जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देता है हम ये चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी मल्टी डिसीप्लिनरी में रहे हम स्टूडेंट्स को प्लैक्सीब्लिटी देना चाहते हैं जैसे इजी एंट्री एण्जिट और एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रोडिट बनाकर आसानी से कहीं भी कोर्स पूरा करना इन समी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की हर यूनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना ही होगा श्री मोदी ने कहा कि बच्चे विशेष क्षमताओं से सम्पन्न होते हैं संस्थागत मजबूती के साथ उनकी संकल्प शक्ति को बल देने से उन्हें मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से ही हासिल किया जा सकता है आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्मर भारत अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है स्किल युवाओं की भूमिका और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है

आज तो देश के पास और भी असीम अवसर हैं और भी आधुनिक दौर के नए उद्योग हैं आर्टिफिशियल इनटेलीजेन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा से लेकर थ्रीडी प्रिंटिंग वर्चुअल रिएलिटी रोबोटिक्स आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बारहवीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित और दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला किया यह परीक्षाएं अगले महीने होनी थीं प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो कोविड की मौजूदा स्थिति स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पहली जून को कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद बारहवीं की परीक्षा की तिथि के बारे में फैसला किया जायेगा

एक जून को फिर आगे बताया जाएगा कि जो भी समय और परिस्थितियां हॉगी उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य दोनों को देखते हुए आगे की तिथियों को तय किया जाएगा परीक्षा आयोजित करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले सूचना दी जाएगी श्री निशंक ने कहा कि दसवीं कक्षा के अंक बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर दिए जाएंगे और अगर कोई विद्यार्थी अंकों से संतृष्ट न हुआ तो उसे स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा कई राज्यों ने बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी

मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्त पालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में बढ़ते कोविद मामलों के कारण जारी किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कि अट्ठारह जिलों में तीन करोड़ अट्ठारह लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इक्यावन हजार एक सौ छिहत्तर पोलिंग बूथ इसके लिए तैयार किए गए हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ प्रयागराज कानप्र तथा वाराणसी में कोविड संक्रमण को देखते हये बेडों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड से संक्रमित पाए गए हैं वे पृथकवास में हैं एक ट्वीट संदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे अपना इलाज करवा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों के संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री प्रथकवास में चले गए थे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित है ट्वीट संदेश में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वे आइसोलेशन में हैं उन्होंने पिछले दिनों में मुलाकात करने वाले लोगों से कोविड जांच कराने को कहा है प्रदेश में तीन जिलाधिकारियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं

पोषण के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने आहार क्रांति अभियान श्रू किया है इसे आहार से जुड़ी इस विशेष समस्या खासतौर पर खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है भारत सहित विश्वभर में यह समस्या महसूस की जा रही है अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कैलोरी के लिहाज से जितने कृषि उत्पादों की जरूरत है उससे दोगुना उत्पादन होता है लेकिन इसके बावजूद देश में कुपोषण की समस्या बरकरार है समृद्धि के बावजूद भुखमरी की इस अजीबों गरीब समस्या का कारण लोगों में पोषण के बारे में जागरूकता की कमी है इसी बात को ध्यान में रखते हुए आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आज पहले के मुकाबले कहीं अधिक जरूरी हो गया है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के ई पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला है ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा इनके प्रभावी अनुश्रवण के लिए प्रदेश को यह सम्मान मिला है निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने यह जानकारी दी